अब समाचार विस्तार से आयोग बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएल कान्ता राव ने कल मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियिं के साथ बैठक में नामांकन प्रकिया और आचार संहिता के संबंध में विस्तार से जानकारी साझा की

उन्होंने आचार संहिता का पालन सुनिष्वित करते हुए नामांकन की पूरी प्रकिया की जानकारी दी उन्होंने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार नामांकन के साथ शपथ पत्र देना होगा जिसमें अभ्यर्थियों को स्वयं पर चल रहे आपराधिक प्रकरण और दोषसिदधि के प्रकरणों की घोषणा और प्रकाशन कराये जाने के संबंध में फार्म भरने होंगे निर्वाचन व्यय के लिये प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा पृथक से बैंक खाता खुलवाया जाएगा श्री कांता राव ने नामांकन अस्वीकृति की स्थितियों के बारे में भी जानकारी दी चुनाव समीक्षा बैठक मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी व्हीएलकान्ता राव आज सुबह साढ़े दस बजे से होटल लेकव्यू अशोका में संभागायुक्तों के साथ विधान सभा चुनाव के संबंध में स्वीप गतिविधियों की समीक्षा करेंगे संयुक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी विकास नरवाल ने बताया है कि राज्य में संभाग स्तर पर स्वीप गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वीप के सघन अभियान के लिये नगर निगम आयुक्त संभाग स्तरीय स्वीप के नोडल अधिकारी और सोशल मीडिया के नोडल अधिकारियों को भी बुलाया गया है वहीं अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी संदीप यादव और लोकेश जाटव विधानसभा निर्वाचन के संबंध में जिलों में की जा रही कार्यवाहियों की समीक्षा आज सुबह साढ़े ग्यारह बजे से वीडिया कान्फ्रेंस के माध्यम से करेंगे

वहीं राज्य में चुनाव आचार संहिता लागू किये जाने के बाद से अब तक दो हजार से अधिक अवैध हथियार जब्त कर लिये गये हैं

प्रधानमंत्री जापान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान की तीन दिन की यात्रा के बाद आज तड़के नई दिल्ली लौट आए श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे के साथ कल टोक्यो में दोनों देशों के बीच तेरहवें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल हुए दोनों पक्षों ने आपसी हित के व्यापक मुद्दों पर विचार विमर्श किया और मौजूदा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों की समीक्षा की

राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कल इन्दौर में रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित किया प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर आये श्री गांधी ने जीएसटी को लेकर कहा कि कांग्रेस की सरकार बनने पर मौजूदा जीएसटी को सही स्वरूप में लाकर आसान बनाया जायेगा उन्होंने सवाल किया कि केन्द्र की भाजपा सरकार द्वारा लाये गये जीएसटी और नोटबंदी से आखिर किसको फायदा हुआ कांग्रेस अध्यक्ष ने रफाल रक्षा सौदे का भी मामला उठाया श्री गांधी आज धार और खरगोन में सभाओं को संबोधित करेंगे

श्री चौहान ने नागरिकों से मुलाकात कर उन्हें भाजपा सरकार की जनकल्याणकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी यह अभियान एक नवंबर तक चलेगा इस दौरान पार्टी के नेता जनकल्याणकारी योजनाओं के हितग्राहियों से संपर्क स्थापित करेंगे वहीं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राकेश सिंह ने भोपाल के कोलार मण्डल में जनसंपर्क किया वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस सांसद शशि थरूर के बयान पर सवाल उठाते हुए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से माफी मांगने या सांसद को पार्टी से निकालने की मांग की उन्होंने भोपाल में संवाददाताओं बातचीत में कहा कि एक ओर से श्री गांधी उज्जैन में महाकाल मंदिर में दर्शन करते हैं वहीं उनकी पार्टी के सांसद आपत्तिजनक बयान देते हैं राजनीतिक दल समय मध्यप्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सात मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को आकाशवाणी और दूरदर्शन पर प्रचार का समय कल आवंटित किया गया उप मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी राजेश श्रीवास्तव तथा इन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में ड्रा के माध्यम से समय आवंटन किया गया

भाजपा केन्द्रीय चुनाव समिति की कल नई दिल्ली में हुई बैठक में इन उम्मीदवारों के नाम तय किए गए सूची में शामिल उम्मीदवारों में विजय प्रताप सिंह को प्रेमनगर सीट से रामकिशन सिंह को रामानुजगंज से जबकि डी सी पटेल को बसना से टिकट दिया गया है

बालिका वर्ग में एलएनसीटी पहले रायसेन दूसरे और सीहोर तीसरे स्थान पर रहा

भोपाल संभाग ने कल इन्दौर में खेले गये फायनल मैच में ग्वालियर संभाग को चार विकेट से हराया

भारत के बांये हाथ के तेज गेंदबाज खलील अहमद ने तीन विकेट लिए एक दिवसीय मुकाबलों में भारत की यह तीसरी सबसे बड़ी जीत है

पांचवा और अंतिम एक दिवसीय मुकाबला को तिरूवनंतपुरम में खेला जायेगा

एक नवंबर को भी रैली का आयोजन किया जायेगा